मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा जनता की समस्याओं का शीघ्र निवारण करेगी मुख्यमंत्री हेल्पलाईन

इन समझौता ज्ञापनों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अहमदाबाद में आयोजित रोड शो के दौरान हस्ताक्षर किए इस मौके पर उद्यमियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक परियोजनाओं के आवंटन में दक्षता पारदर्शिता समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार समस्त क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति के तहत आकर्षक प्रोत्साहन दे रही है महेंद्र सिंह प्रदेश सरकार भविष्य में राज्य में हैंडपम्प नहीं लगाएगी और जो हैंडपम्प खराब पड़े हैं उनको भी हटाया जाएगा ताकि पानी के घटते स्तर को रोका जा सके यह बात सिंचाई और जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कही उन्होंने कहा कि सरकार पानी की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए छः मुख्य बिंदुओं पर काम करेगी महेंद्र सिंह ने कहा कि भविष्य में सभी उठाऊ पेयजल योजनाएं जमीन से ऊपर बनाई जाएंगी ताकि लीकेज की समस्या से छुटकारा पाया जा सके मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज आकाशवाणी शिमला के माध्यम से प्रदेश के किसानों के साथ सीधा संवाद किया इस दौरान मारकंडा ने किसानों के अनेक मुद्दों पर सीधा संवाद किया और उनकी कई शंकाओं का समाधान किया

मारकंडा ने प्रदेश के किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील करते हुए कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है उन्होंने कहा कि हिमाचल को प्राकृतिक खेती राज्य बनाने के लिए हर किसान को आगे आना चाहिए तथा रसायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग धीरे धीरे कम करने के बाद पूरी तरह बंद करना चाहिए नाबार्ड विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नाबार्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पुल सिंचाई और पेयजल योजनाओं के निर्माण में सहयोग कर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उन्होंने प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के डिजिटलीकरण और किसान उत्पादक संगठनों के संवर्द्वन में भी नाबार्ड की भूमिका की सराहना की

उन्होंने इस मौके पर नाबार्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तक हिमाचल में नाबार्ड का विमोचन भी किया

इस मौके पर नाबार्ड द्वारा प्रदेश में किए जा रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यो पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई

समारोह की अध्यक्षता करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम बजट में ग्रामीण युवाओं की कृषि क्षेत्र में भागीदारी अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने कृषि विश्वविद्यालय कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप शोध के विकास पर जोर दिया है उन्होंने केंद्रीय बजट को देश के सभी वर्गो को लाभ पहुंचाने वाला और न्यू इंडिया के निर्माण का ब्लू प्रिंट भी बताया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करेगी और उन्हें सरकारी कार्यालयों में अपने काम के लिए बार बार आने से राहत प्रदान करेगी मुख्यमंत्री आज अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के शिमला मंडलीय क्षेत्र के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में आरंभ किया गया जनमंच कार्यक्रम सफलता पूर्वक लोगों की समस्या का समाधान कर रहा है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को सफल बनाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दें जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में आधुनिक तकनीक अपना कर लोगों के समय और पैसे की बचत होगी

ये निर्णय शहरी परिवहन व बस अड्डा प्रबंधन और विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की आज शिमला में हुई बैठक में लिया गया गोविंद ठाकुर ने बाद में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि बैठक में निर्माणाधीन बस अड्डो का काम पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त धन राशि स्वीकृत की गई

राज्यपाल आज शिमला में उनसे मिलने आए आईजीएमसी शिमला के नवनियुक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर मुकुंद लाल से बातचीत कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि अस्पतालों में साफ सफाई अस्पताल प्रबंधन की प्राथमिकता होनी चाहिए उन्होंने कहा कि स्वच्छता का माहौल रोगी को सकारात्मक ऊर्जा देने के साथ साथ उसे आंतरिक बल भी देता है आचार्य देवव्रत ने आईजीएमसी शिमला के आसपास सराय के निर्माण के लिए सुविधाजनक स्थान का चयन करने और रोगियों के साथ आने वाले तीमारदारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को भी कहा उपमन्यु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री शिव कुमार उपमन्यु का कल कांगड़ा के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वह चम्बा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते थे और यहां से विधायक चुन कर मंत्री बने थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद्र और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने शिव कुमार उपमन्यु के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई है विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल और उपाध्यक्ष हंसराज ने भी उपमन्यु के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके निधन से प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई है

निगम के एक प्रवक्ता ने कहा कि अत्यंत हाई वोल्टेज वाली इस विद्युत लाईन में एक सप्ताह के भीतर कभी भी बिजली चालू की जा सकती है उन्होंने इस लाईन के आसपास रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे इस लाईन के नजदीक न जाए और उचित दूरी बनाए रखे ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके